नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री दास ने कहा कि उन्होंने आज स्बह राष्ट्रीय राजधानी में छोटे और मझोले उदयोगपतियों के संगठनों के साथ छोटे मझौले और मध्यम उदयोगों की स्थिति जानने की बातचीत की है और बातचीत का उददेश्य ऋण प्ननिर्धारण योजना के क्रियान्वयन का पता लगाना भी रहा

उन्होंने कहा कि बैंको को कहा गया है कि वे छोटे लघ् और मध्यम उदयोगों के ऋण प्र्न निर्धारण प्रस्तावों की व्यावहारिकता का पता लगायें पांरपरिक भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली तक पहंच में सुधार करने के लिये आज राज्यसभा में एक विधेयक लाया गया

इस धारा के तहत वेबसाइट पर कथित तौर पर आपातिजनक सामग्री डालने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश मे हये नगर निगम के सदस्यों व महापौर के च्नाव परिणामों की अधिसूचना जारी की है अधिसूचना में निर्वाचित हये महापौरो व सदस्यों के नाम दिये गये है

इस मौके पर विधानसभा स्पीकर कंवरपाल खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्ण देव कम्बोज सांसद रतन लाल कटारिया विधानसभा घनश्याम दास श्याम सिंह राणा व बलवंत सिंह उपस्थित थे मेयर मदन लाल चौहान ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर का विकास व अन्य परियोजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी हरियाणा के स्वास्थ्य एवं यूवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी साढ़े छ हजार गांवों में व्यायाम और योगशाला स्थापित करने की योजना है और पहले चरण में एक हजार गांवों में ऐसी व्यायाम और योगशाला स्थापित की जा रही है इसके लिये एब हजार योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है श्री विज ने बताया कि अम्बाला जिले के मंगलई गांव में हौम्योपैथिक कालेज की स्थापना की जायेगी जिससे क्षेत्र के य्वाओं को इसके चिकित्सक बनने का मौका मिलेगा और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्वति का विस्तार भी होगा

मंत्री ने बताया कि सभी राजकीय अस्तपतालों में आय्ष विभाग के माध्यम से होम्योपैथी चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ साथ इसकी शिक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है

जिला प्रशासन ने नौ डयूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाये है जो विभिन्न स्थानों पर प्लिस अधिकारियों के साथ तैनात रहेंगे पंचकूला के अतिरिक्त उपाय्क्त को कानुन व शांत बनाये रखने के लिये पूर्णप्रभारी बनाया गया है उपायुक्त ने जिला वासियों से व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग की अपील की है डेरा सच्चा सौदा से सम्बधित पंचकूला हिंसा का मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज क्लवंत कलसन की अदालत से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय स्धीर की अदालत में भेज दिया गया है आज इस मामले में इस कारण कोई कारवाई नहीं हो सकी

उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रानी पेंशन नीति बहाल करने के लिये ठोस कदम उठाने की मांग की है

काबिलेगौर है कि सरकारी कर्मचारी हरियाणा सहित कई जगह पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर संघर्षरत है केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्रीकृष्ण लाल ग्र्जर ने पलवल जिले के खादर क्षेत्र के सोलड़ा गांव में तीन करोड़ पचानवें लाख रूपये की लागत से बनने वाली दो सडकों का शिलान्यास किया जिनमें लगभग दो करोड़ सताईस लाख रूपये की लागत से गांव सोलड़ा से करोल तक की सड़क तथा सोलड़ा से जेवर तक एक करोड़ अड़सठ लाख रूपये से बनने वाली सड़क शामिल है

म्ख्य च्नाव आय्क्त दवारा पंजाब और हरियाणा के म्ख्य सचिव प्लिस महानिदेशक गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी च्नाव संबंधी विभिन्न प्रबंधों पर व्यापक चर्चा की गई ताकि च्नावों का स्वतंत्र निष्पक्ष सहभागितापूर्ण और विश्वसनीय तरीके से स्चारू और शांतिपूर्ण आयोजन किया जा सके

हरियाणा के जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिवाड़ीके रामप्रा वाटर वर्कस के काम को जल्द पूरा किया जाये ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके यह वाटर वर्कस उन्नीस करोड़ रूपये की लागत से बन रहा है जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि बधराना की परियोजना में दस करोड़ साठ लाख लीटर पानी की क्षमता है तथा प्रतिदिन साठ लाख लीटर पानी फिल्टर करके गांवो में सप्लाई शुरू कर दी गई है